दक्षिण बिहार में अगले तीन दिनों तक बनी रहेगी लू की स्थिति केन्द्र सरकार दिमागी बूखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत बहुआयामी विशेषज्ञ समूह गठित करेगी यह समूह इन बीमारियों के कारणों और उनकी रोकथाम के लिए दीर्घकालीन उपाय सुझायेगा इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद विज्ञान और टैक्नोलॉजी मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा नई दिल्ली में विशेषज्ञों के बहुविषयक समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने इस समूह के गठन का निर्देश दिया बैठक में मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के मुद्दे पर भी विचार किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र दिमागी बूखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए बिहार को हर संभव सहायता दे रहा है राज्य सरकार ने दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चौदह और डॉक्टरों की तैनाती की है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इनमें दरभंगा और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् और अन्य संस्थाओं के डॉक्टर शामिल हैं मुख्य सचिव ने बताया कि इस बार दिमागी ब्रखार से पीड़ित बच्चों की मृत्यू दर में कमी आई है इससे पहले पीड़ित बच्चों की मृत्यु दर चौंतीस से पैंतीस प्रतिशत के आस पास रहती थी जो इस बार छब्बीस दशमलव पांच प्रतिशत है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद एक्यूट इंसेफ़्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित इलाकों में आज से सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से जुड़े सर्वे का काम शुरू हो रहा है इस काम में जीविका दीदीयों की मदद ली जा रही है इस सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर इस गंभीर बीमारी से बचाव के उपाय ढूंढे जायेंगे इधर प्रदेशभर में इंसेफ्लाईटिस से मरने वालों बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ इकतालीस हो गयी है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में अब तक एक सौ नौ बच्चों की मौत हुई है हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दोनों अस्पतालों में अभी एक सौ पचहत्तर बच्चों का इलाज चल रहा है जिनमें कई की स्थिति गम्भीर बतायी जाती है वैशाली जिले में पन्द्रह और पूर्वी चंपारण जिले में दस बच्चों की मौत हुई है बेगूसराय में इंसेफ्लाईटिस के संदिग्ध छह बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गयी है वहीं आठ बच्चों का इलाज चल रहा है इधर बांका जिले में कटोरिया थाना क्षेत्र के हडखार गांव में इंसेफलाइटिस के एक संदिग्ध बच्चे की मौत की खबर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे बैठक के दौरान वर्ष दो हजार बाईस में स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ और इस वर्ष महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोहों के बारे में भी विचार विमर्श होगा बैठक में कार्यवाही सुचारु बनाकर संसद की कार्य क्षमता बढ़ाने और आकांक्षी जिलों के विकास के बारे में भी चर्चा होगी संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा भारतीय जनता पार्टी ने इस पद के लिए अपने सांसद ओम बिड़ला को नामांकित किया है राजस्थान के कोटा से द्रसरी बार सांसद चुने गए ओम बिड़ला ने कल नामांकन भरा था कांग्रेस ने भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन का फैसला किया है जिसके बाद ओम बिड़ला का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में बिहार के दो जवान शहीद हो गये इनमें सीवान के रघुनाथपुर निवासी अमरजीत सिंह और भोजपुर के बिहियां निवासी छोटे लाल यादव शामिल हैं अमरजीत सिंह सेना के जिस काफिले में मौजूद थे उस पर आतंकियों ने आईईडी भरे वाहन से निशाना बनाया जिसमें वे गम्भीर रूप से घायल हो गये बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी वहीं पुलवामा में ही गश्त पर निकली बिहार चौवालीस राष्ट्रीय राईफल्स की बुलेटप्रूफ गाड़ी को आतंकियों ने आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया इस हमले में भोजपुर के छोटे लाल यादव शहीद हो गये प्रदेश के उत्तरी हिस्सों के कई स्थानों पर बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है पूर्णियां अररिया किशनगंज कटिहार मधेपुरा सहरसा सुपौल और मधुबनी जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है इधर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में लू और भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार पिछले दस वर्षो के दौरान यह पहली बार हुआ है जब लगातार दस दिनों से हिट बेव की स्थिति बनी हुई है विभाग ने अगले तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की आशंका जतायी है आज पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि बाईस जून से प्रदेशभर में बादल छाये रहेंगे और आंधी के साथ बारिश की सम्भावना है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में स्थितियां अब मॉनसून के अनुकूल बनने लगी हैं और तेईस जून तक मॉनसून का आगमन हो सकता है इधर भीषण गर्मी और लू को देखते हुये बारह जिलों में निषेधाज्ञा लागू की गयी है इसके तहत दिन के ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक सभी दुकानों को बंद रखने और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त विभाग को अतरिक्त उत्तरदायित्व का भार वहन करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है पटना में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने कहा कि विभिन्न विभागों की वित्तीय स्थिति की देख रेख के लिए एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि वित्तीय प्रबंधन बेहतर हो सके और आवंटित राशि को समयसीमा के अंदर खर्च करने की व्यवस्था हो सके कृषि विभाग ने कर्नाटक सरकार के सहयोग से किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मेघदूत योजना की शुरूआत की है इसके तहत नालंदा सुपौल और पूर्वी चम्पारण जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत टेलीमीट्रिक मौसम केन्द्र और रेनगेज व्यवस्था शुरू होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इससे पच्चीस वर्ग किलोमीटर के दायरे में पंचायत और गांव स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान हासिल होगा जिससे किसानों को सटीक जानकारियां दी जा सकेंगी औरंगाबाद जिले के बारून के थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पासवान को पुलिस ने बालू माफिया के साथ सांठगांठ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल ने बताया कई बालू माफिया की भी गिरफ्तारी हुई है सुपौल जिले में राघोपुर थाना क्षेत्र के बजरंगबली चौक के पास एक गोदाम में आग लगने से लगभग साठ लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के बंगरी क्ड़िया ग्रमटी के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक की हत्या कर लगभग डेढ़ लाख रूपये लूट लिये सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र में परसागढ़ गांव में एसआईटी और पुलिस की टीम ने लगभग पचास घरों पर छापेमारी कर शराब के उत्पादन में लगे चार महिला समेत तेरह लोगों को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले की सत्र अदालत ने रंगदारी नहीं देने पर तीन लोगों की हत्या के मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई अदालत ने दोनों पर चार चार हजार रुपये का जुर्माना भी किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है मुख्यमंत्री ने एसकेएमसीएच को ढ़ाई हजार बेड वाले अस्पताल में रूप में विकसित करने का आदेश दिया दैनिक जागरण की सुर्खी है जिन घरों में एईएस से हुई है मौते वहां का सर्वे करेंगी जीविका दीदीयां दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है सूख गयी तेईस जिलों की अड़तालीस नदियां भोजपुर में गंगा सोन भी सूखीं नालंदा में एक दर्जन छोटी नदियों से पानी गायब प्रभात खबर लिखता है पन्द्रह कस्टम व एक्साइज अधिकारी हुये बर्खास्त राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है अयोध्या में दो हजार पांच में हुये आतंकी हमले में चार को उम्र कैद आज की सुर्खी है ओम बिड़ला होंगे लोकसभा के नये अध्यक्ष

दक्षिण बिहार में अगले तीन दिनों तक बनी रहेगी लू की स्थिति